पुलिस ने जांच के बाद दस आरोपियों के खिलाफ स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया

हंगामे के बीच विधानमंडल का मॉनसून सत्र सम्पन्न

और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हुआ

राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह कांड की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि कुछ तत्वों द्वारा इस मामले को लेकर भ्रम का वातावरण बनाया जा रहा है श्री कुमार ने कहा कि इस प्रकार के भ्रम के वातावरण को दूर करने के लिये राज्य के मुख्य सचिव गृह सचिव पुलिस महानिदेशक को मुजफ्फरपुर कांड का सारा मामला सीबीआई को सौंपने को कहा गया है गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर में एक गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित बालिका गृह में चालीस से अधिक किशोरियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है पीड़ित बालिकाओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ रहने वाली छह लड़कियां भी बीते कई वर्षों से गायब है इस मामले में संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित दस लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने इस मामले में दस आरोपियों के खिलाफ विशेष पोक्सो अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया पुलिस ने संबंधित अपराध की अन्य धाराओं के साथ किशोर अपराध कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा तीन सौ चौवन भी जोड़ा है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुद्दे को लेकर विधान मंडल के दोनों सदनों में आज जमकर हंगामा हुआ विधान सभा में लगातार दूसरे दिन कार्यवाही बाधित रही राजद कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्यों ने आरोप लगाया कि समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति का भी नाम इस मामले में सामने आया है विपक्ष के सदस्य मंत्री के पति की गिरफ्तारी मंत्री के इस्तीफे की मांग और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गये काफी देर तक हंगामा और शोरगुल जारी रहने पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिये स्थगित कर दी इधर सदन में मौजूद संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर सदन का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया वहीं राजद विधायक भाई वीरेन्द्र ने कहा कि सरकार इस मामले के दोषियों को बचाना चाहती है विधान परिषद में भी राजद और कांग्रेस के सदस्य समाज कल्याण मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सदन के बीचोंबीच आ गये विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने मंजू वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मामले की उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच कराने को तैयार है उन्होंने राजद और कांग्रेस से अदालत में अपील करने को कहा विपक्ष के हंगामे के कारण परिषद् की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने कहा है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके पति पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है श्रीमती वर्मा ने आज पटना में संवाददाताओं से कहा कि उनके पति के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगी उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है मीडिया में आयी खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक को मामले की जांच कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिये हैं बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र आज समाप्त हो गया दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी पांच दिनों के संक्षिप्त सत्र के दौरान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक दो हजार अठारह दहेज प्रतिषेध निरसन विधेयक बिहार विनियोग विधेयक दो हजार अठारह समेत कुल छह विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की गयी इस दौरान मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामला प्रदेश में सुखाड़ की स्थिति समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा और शोर शराबा कर सरकार को घेरने की कोशिश की वहीं सत्तापक्ष की ओर से विपक्ष के द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का सदन में जवाब दिया गया इस सत्र के दौरान विधानसभा में सूखे को लेकर विशेष चर्चा का भी आयोजन किया गया प्रदेश में विधायक अब विकास कार्यों पर सालाना तीन करोड़ रूपये तक व्यय कर सकेंगे राज्य सरकार ने विधायक और विधान पार्षदों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की मौजूदा राशि को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रूपये करने का निर्णय किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में आज इस संबंध में घोषणा की श्री कुमार ने कहा कि विधानसभा कोटे से निर्वाचित विधान पार्षद और राज्यपाल द्वारा मनोनीत परिषद् के सदस्य अब दो जिलों में विकास मद की राशि खर्च कर सकेंगे यह बढ़ोतरी चालू वित्तीय वर्ष से ही लागू होगी सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रोनिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि सरकार संविधान में नागरिकों के दिये गये अभिव्यक्ति और निजता के अधिकारों की सुरक्षा के प्रति वचनबद्ध है श्री प्रसाद ने राज्यसभा में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाहों के प्रसार को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में कहा कि सोशल नेटवर्क मंचों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत पूरी सावधानी बरतनी चाहिए प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है पटना सारण नवादा सीवान जहानाबाद भोजपुर और मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न स्थानों पर सुबह से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है पटना शहर में दोपहर बाद हुई मध्यम बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान किशनगंज शेखपुरा रोहतास पूर्वी चंपारण शिवहर जमुई मुजफ्फरपुर नालंदा जहानाबाद और गया जिले में हल्की से मध्यम बारिश हुई है सबसे अधिक ग्यारह सेंटीमीटर बारिश शेखपुरा और किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में रिकार्ड की गयी जदयू ने बिहार में सूखे की चिंताजनक स्थिति पर केन्द्र सरकार से मदद की मांग की है राज्यसभा में पार्टी के सदस्य रामनाथ ठाकुर ने आज शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया उन्होंने केन्द्र से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के लिये केन्द्रीय दल भेजने की मांग की इधर केन्द्र सरकार ने बाढ़ और सूखाग्रस्त सभी राज्यों को तत्काल राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया है लोकसभा में चर्चा के जवाब में गृह राज्यमंत्री किरेण रिजीजू ने कहा कि सहायता राशि के मामले में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा उन्होंने कहा कि इक्कीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में बाढ़ और सूखे की स्थिति है भोजपुर जिले में दो हजार बारह के जहरीली शराब कांड में स्थानीय अदालत अपना फैसला अठाईस जुलाई को सुनायेगी आज इस मामले में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलील सुनी गयी गौरतलब है कि जहरीली शराब कांड में इक्कीस लोगों की मौत हो गयी थी करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में आज पूरे देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है आज ही के दिन उन्नीस वर्ष पहले सेना के वीर जवानों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे से करगिल की चोटी पर फतह हासिल की थी यह युद्ध साठ दिनों तक चला था रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली के इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहीद जवानों को याद करते हुए कहा कि ऑपरेशन विजय के दौरान वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिये अपनी जान की बाजी लगा दी सीतामढ़ी जिले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरिच ब्यूरो द्वारा करगिल विजय दिवस पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कार्यक्रम में जिलाधिकारी रंजीत प्रसाद सिंह ने भी भाग लिया प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण में शिथिलता बरतने के मामले में शिवहर जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गयी है जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है पटना सिटी के खाजेकलां थाना क्षेत्र अंतर्गत नीम घाट और टेढ़ी घाट क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है वैशाली जिले के सहदेई थाना क्षेत्र में सहरिया मध्य विद्यालय के पास एक घर में करंट लगने से स्कूल के छात्र की मौत हो गयी

पुलिस ने जांच के बाद दस आरोपियों के खिलाफ स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया

हंगामे के बीच विधानमंडल का मॉनसून सत्र सम्पन्न

और प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हुआ